राज्यों को ग्रामीण इलाकों में तीस बिस्तर वाला कोविड केयर सेंटर बनाने की दी सलाह प्रदेश में कल ब्लैक फंगस के तेरह नये मरीजों की पहचान हुई

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से आ रही गिरावट

जिनका स्लॉट बुक है वह नहीं बदलेगा कोविड संक्रमण में बढोतरी जारी है हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और चौवालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है सही समय पर दूसरी डोज लें इन तीन सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हये राज्य सरकारों को गांवों में तीस तीस बेड के कोविड केयर सेंटर बनाने की सलाह दी है मंत्रालय ने जारी दिशा निर्देश में कहा है कि इन सेंटरों पर संक्रमण से ग्रसित या हल्के लक्षण वाले व्यक्ति को रखा जायेगा मंत्रालय ने गांवों में नमूनों की जांच की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया है

लेकिन अर्धशहरी ग्रामीणऔर जनजातीय क्षेत्रों में भी अब संक्रमित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है

इन रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकतानहीं है और इन्हें घर पर ही या कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर में ठीक किया जा सकता है कोविड रोगियों की निगरानी के लिए ऑक्सीजन के स्तर पर नजर रखना महत्वपूर्ण है प्रत्येकगांव में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर होने चाहिये ग्राम स्वास्थ्यस्वच्छता और पोषण समिति को इन उपकरणों के प्रावधान के लिए संसाधन जुटानेचाहिए कोविड रोगियों के परिवारों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर उपलब्ध करानाचाहिए

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सामुदाय आधारित पहल करने को कहा है विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंस में उन्होंने कोरोना की स्थिति पर नियमित रूप से नजर रखने और जांच की संख्या बढ़ाने पर बल दिया बैठक में राज्यों को ग्राम स्तर की स्वास्थ्य और सफाई समिति तथा ग्राम सभा की सेवाएं लेने को भी कहा गया है कोविड देखभाल केन्द्रों और विशेष अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने पर भी विचार विमर्श हुआ बैठक में राज्यों को अपने अनुभव साझा करने और टेली परामर्श की मौजूदा क्षमता बढ़ाने की सलाह दी गई प्रदेश में कल ब्लैक फंगस के तेरह नये मरीज की पहचान हुई इसमें पटना और भागलप्र में छह छह तथा भभुआ के एक मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं इस प्रकार अब तक प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर बत्तीस हो गयी है इन मरीजों का इलाज पटना स्थित एम्स आईजीआईएमएस और पीएमसीएच के साथ कुछ निजी अस्पतालों में हो रहा है इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले मिलने के बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और इसके मरीजों के लिए छह हजार वायल इंजेक्शन उपलब्ध करा दिया है उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध है प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है जबकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनसुार पिछले चौबीस घंटों में छह हजार आठ सौ चौरानवे नये मामलों की पृष्टि हुई है कल पटना में सबसे अधिक एक हजार एक सौ तीन मामले सामने आये हैं वहीं गया में तीन सौ इक्यासी समस्तीपुर में तीन से इकतीस पूर्वी चंपारण में दो सौ संतानवे बेगूसराय में दो सौ सत्तर मधुबनी में दो सौ सड़सठ सुपौल में दो सौ चालीस और अररिया में दो सौ छत्तीस मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले पाये गये हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौदह हजार दो सौ दो मरीज स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही प्रदेश में स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या पांच लाख बहत्तर हजार नौ सौ सतासी हो गयी है स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर सतासी दशमलव आठ नौ प्रतिशत हो गयी है प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या पचहत्तर हजार उनासी है अब तक कुल दो करोड़ अस्सी लाख उनहत्तर हजार चार सौ नवासी नमूनों की जांच की गयी वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रुपाली मलिक का कहना है कि कोविड के कारण स्वाद की क्षमता और सूंघने की शक्ति समाप्त होना एक सामान्य बात है

हालांकि जिनका स्लॉट ब्र्क है वह नहीं बदलेगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन के दो टीकों के बीच की अवधि बढ़ाकर बारह से सोलह सप्ताह कर दी गई है मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस बारे में आवश्यक बदलाव कर दिए गए हैं अब कोविशील्ड वैक्सीन के द्रसरे टीके के लिए ऑनलाइन पंजीकरण चौरासी दिन से पहले नहीं होगा वहीं पहले से किए गए पंजीकरण मान्य होंगे लाभार्थियों को दूसरी डोज के लिये पंजीकरण चौरासी दिन बाद दोबारा करवाने की सलाह दी गई है प्रदेश में अब तक नब्बे लाख चौदह हजार दो सौ सैंतीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल एक लाख नौ हजार सात सौ छह लोगों का टीकाकरण किया गया इनमें से एक लाख सात हजार सतासी लोगों को टीके की पहली डोज जबकि दो हजार छह सौ उन्नीस लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई इधर देश में अब तक अठारह करोड़ बाईस लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केन्द्र ने अब तक राज्यों को बीस करोड़ से अधिक वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है राज्यों के पास एक करोड़ चौरासी लाख से अधिक कोविड वैक्सीन अब भी उपलब्ध हैं करीब इक्यावन लाख वैक्सीन अगले तीन दिन में राज्यों को भेज दी जाएगी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह आज वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से कोविड उपचार की दवा डी ऑक्सी डी ग्लूकोज ट्र डीजी की पहली खेप जारी करेंगे यह दवा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के संस्थान नाभकीय औषधि और संबद्व विज्ञान इनमास ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेट्रीज के सहयोग से विकसित की है केन्द्र ने राज्यों को महत्वपूर्ण औषधि रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ा दी है रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि विभिन्न राज्यों में रेमडेसिविर की आवश्यकता और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसके समग्र उत्पादन और आवंटन को बढ़ाया गया है केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को गंगा नदी में पार्थिव शरीर बहाने से रोकने और उनका गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है जलशक्ति मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने कहा है कि जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया जाना चाहिए जलशक्ति सचिव ने बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थिति की समीक्षा की थी सचिव ने कहा था कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गंगा नदी और अन्य नदियों के किनारे बसे शहरों और ग्रामीण इलाकों में ध्यान देने की जरूरत है इधर केन्द्रीय प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड ने भी राज्यों के प्रद्षण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिया है कि गंगा और अन्य दूसरी नदियों में शवों को बहाये जाने की घटनाओं पर तुरंत रोक लगाये अरब सागर में बने शक्तिशाली चक्रवाती तूफान ताउते का बिहार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बिहार में अभी कोई भी चक्रवाती सिस्टम सक्रिय नहीं है जिसकी वजह से चक्रवाती तूफान की गतिविधियों से बिहार अप्रभावी रहेगा हालांकि अगले दो दिनों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के तापमान में औसतन एक से दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है विभाग ने उन्नीस मई को राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी मध्य भागों में एक दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान भी यक्त किया है शेष स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा

इस राशि का उपयोग पंचायतों के विकास के विभिन्न कार्यों के अलावा कोरोना संक्रमण की रोक थाम के लिए किया जायेगा सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव से पुलिस ने दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है उनके विरूद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज हैं वहीं जिले के मांझी थाना क्षेत्र के बलिया मोड़ पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अन्तर्गत उसराहा जीरोमाइल के पास पुलिस ने पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से पांच देशी कट्टा और भारी संख्या में कारतूस बरामद किया गया है जमुई पुलिस ने सीआरपीएफ के सहयोग से कुख्यात नक्सली दासो मुर्मू को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है गांवों में कोविड कोन्द्र बनाये राज्य दैनिक जागरण की सुर्खी है सेनेटाईजेशन के बाद आज से पटना में फिर शुरू होगा टीकाकरण दैनिक भास्कर ने राज्य सरकार के हवाले से प्रकाशित खबर में कहा है कि कुल उनतालीस में तेईस जिला अस्पतालों में अभी भी सीटी स्कैन मशीन नहीं प्रभात खबर ने कोरोना संक्रमण की गिरावट की दर को ग्राफिक्स के माध्यम से दशार्ते हुये लिखा है राज्य में कोरोना संक्रमण की दर घट कर एक माह पहले के स्तर पर राष्ट्रीय सहारा ने उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है आत्म निर्भर बिहार बनाने में जुटें युवा युवती

राज्यों को गावों में तीस बिस्तर वाला कोविड केयर सेंटर बनाने की दी सलाह प्रदेश में कल ब्लैक फंगस के तेरह नये मरीजों की पहचान हुई

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से आ रही गिरावट

जिनका स्लॉट बुक है वह नहीं बदलेगा